वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे इस चर्चा का आयोजन परीक्षाओं से पहले किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इससे विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुने और उस पर ध्यान दें श्री मोदी ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें उन्होंने कहा कि वह माँ बाप विफल हैं जो अपने जीवन की अधूरी हसरतों को अपने बच्चों पर थोप कर के उनसे पूरा करवाने की कोषिष करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं और इन्हें समझना बहत जरूरी है एक विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे परीक्षा का तनाव न पालें असम से एक विद्यार्थी की मां द्वारा बच्चों में मोबाइल फोन पर लगे रहने की आदत के बारे में पूछे जाने पर श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम के रूप के लिए किया जाना चाहिए बच्चों में निराशा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत चिंताजनक है उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि लोग तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलूओं पर खुलकर बातचीत करते हैं उन्होंने कहा कि तनाव से बचने के लिए परामर्श लेना बुरी बात नही है बल्कि इससे समस्या का समाधान किया जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर बताया कि इस कार्यक्रम में ईरान नेपाल दोहा कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों से भी विद्यार्थी भाग ले रहे थे

संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे छः सौ किलोमीटर लम्बा होगा हमारी कैबिनेट ने एक सैद्वांतिक सहमति दी है कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ंगे इसके लिए गंगा एक्सप्रेस वे यह गंगा एक्सप्रेस वे यह मेरठ अमरोहा बुलंदशहर बदायू शाहजहाँपुर फर्रुखाबाद हरदोई कन्नौज उन्नाव रायबरेली प्रतापगढ़ होते हए प्रयागराज तक आएगी

श्री योगी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित फिल्म उरी और राश्ट्र प्रेम भक्ति पर आधारित है देष के आम नागरिकों और नौजवानों में राश्ट्रवाद की भावना पैदा हो इसके लिये जीएसटी मुक्त किया गया है बैठक में बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कार्यो हेतु सैद्दान्तिक सहमति प्रदान की गई प्रदेष में कुश्ठ रोगियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगा दी

केन्द्र ने इस नई याचिका में कहा है कि वह दो दशमवल सात सात एकड़ विवादास्पद भूमि के आस पास की सड़सठ एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुका है याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिग्रहित की गई अतिरिक्ति भूमि इसके मूल स्वामियों को वापस करने की मांग राम जन्मभूमि न्यास ने की थी उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि विवादास्पद भूमि के आस पास की अधिग्रहित की गई सड़सठ एकड़ जमीन के बारे में यथास्थिति बनाई रखी जाये

ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने इस आशय की मंजूरी दी